यह पेंशन उस कर्मचारी के आखिरी वेतन के पचास फीसदी के बराबर होगी

संशोधित प्रावधानों का लाभ केन्द्रीय सशस्त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा झाबुआ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिये कल अधिसूचना जारी कर दी गई इसी के साथ यहां नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रकिया भी शुरू हो गई है हालांकि अभी तक कोई नामांकन पत्र नहीं भरा गया

एक अक्टूबर को इनकी जांच होगी और प्रत्याशियों द्वारा तीन अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं

झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव के लिये ईवीएम का पहला रेन्डमाइजेशन आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है कार्पोरेट ट्रेन देश की पहली बहुप्रतीक्षित कार्पोरेट रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेक्स उत्तर प्रदेश में अगले महीने की चार तारीख से लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने जा रही है आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही इस रेलगाड़ी के परिचालन के बारे में औपचारिक घोषणा कर दी है और इसके लिए अग्रिम बुकिंग भी शुरू हो चुकी है इस गाड़ी का ट्रायल रन कुछ दिन पहले किया गया था इसके किराये फ्लेक्सी फेयर प्रणाली पर आधारित हैं आईआरसीटीसी के विशेष क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा कि यात्रियों को इस रेलगाड़ी में विमान जैसी सुविघाएं दी जायेगी

इसी कड़ी में इंदौर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो द्वारा स्थानीय प्रीतमलाल दुआ सभागृह में विशेष प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आगरमालवा में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत कल से होगी प्लास्टिक और कचरा मुक्त किये जाने के लिए जिले के सभी विभागों और आमजन को जोड़ने के लिए गतिविधियां आयोजित की जायेंगी आज शाम को सरपंच सचिव रोजगार सहायक और स्वच्छता ग्राहियों की आयोजित कार्यशाला में जिले में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जायेगी वहीं होशंगाबाद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इटारसी रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए फिल्मी डायलॉग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है बुरहानपुर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा डस्टबिन में ही कचरा फेकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है क्रिकेट महिला महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच ट्वेंटी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज सूरत में खेला जाएगा यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा भारतीय टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर करेंगी हरफन मौला खिलाड़ी सुन लुस जो भारत के इस दौरे में टी ट्वेंटी और एक दिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तान होंगी

दोनों टीमें अगले महीने की नौ तारीख से वडोदरा में तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेंगी